इस दौरान मुख्यमंत्री भोरंज अस्पताल के स्तरोउन्यन कार्य की आधारशिला भी रखेंगे

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वैश्विक आवास निर्माण तकनीक का उपयोग करके कम लागत में तेज गति से आवासों का निर्माण किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आवास कोष बनाया गया है

इस कार्यक्रम के लिए लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों से मौसम के साफ रहने से लोगों को दिन के समय ठण्ड से राहत मिल रही है हालांकि जनजातीय इलाकों में रात के समय कड़ाके की ठण्ड जारी है और प्राकृतिक जलस्रोत जम गए हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी ने लिखा है पी एम दौरे के दौरान सीयू के शिलान्यास व उदघाटन की संभावना कम दैनिक जागरण के शब्द हैं मोदी का सीयू के शिलान्यास से इंकार

दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्रदेश सरकार के एक साल पूरा होने पर हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दिल्ली वापिस लौटने को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है तीन दिन शिमला में आराम करने के बाद दिल्ली लौटे राहल और प्रियंका अमर उजाला ने लिखा है शिमला में थकान मिटाकर लौटे राहुल गांधी दैनिक जागरण के शब्द हैं चुनावी थकान मिटाने के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी बैंकों की हड़ताल से जुड़ी खबर पर अजीत समाचार का कहना है बैंकों में हड़ताल से कामकाज प्रभावित

स्कूलों से शिक्षकों के गायब रहने पर दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा अध्यापकों की हाजिरी दर्ज करने बारे व्यवस्था बताओ अमर उजाला के शब्द हैं शिक्षकों के गायब रहने पर निदेशकों से जवाबतलब शिक्षकों पर नजर रखने की क्या है व्यवस्था दैनिक जागरण का शीर्षक है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर हाईकोर्ट सख्त दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार अवैध भवनों को बचाने फिर हाईकोर्ट गई सरकार

ड्राइविंग स्कूलों में हाजिरी भी लगानी होगी इसी हाजिरी के आधार पर बनेगा लाइसेंस दैनिक भास्कर की एक खबर है एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है प्रदेश में एम्स सहित आठ मेडिकल कॉलेज तीन जोनल और क्षेत्रीय अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है इनकी क्षमता के आधार हिमाचल मेडिकल दूरिज्म की दिशा में कैसे सर्वोपरि राज्य बने इस पर रणनीति बनानी चाहिए शीर्षक है मेडिकल टूरिज्म की ओर खौफ में जिंदगी शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है जंगली जानवरों के हमलों के लिए जिम्मेदार काफी हद तक लोग ही हैं जंगली जानवरों के लिए जंगल छोटे पड़ने से ये बस्तियों का रूख करने लगे हैं